मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की कोविड वैक्सिनेशन अभियान की तैयारियों की समीक्षा वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों के प्रति जताया आभार प्रदेश के सभी जनपदों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कल मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का किया गया आयोजन मुख्यमंत्री ने फर्रूखाबाद में संकिसा पीएचसी में आरोग्य मेले का किया शुभारम्भ पशुपालन विभाग ने बर्ड पलू की रोकथाम के लिए प्रभावित राज्यों को जारी किया परामर्श कानपुर चिड़ियाघर में बर्डपलू की पुष्टि के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोविड की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है

देश के औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद यह निर्णय किया गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो काफ्रेसिंग के जरिए बातचीत की यह सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन के लिए देश के वैज्ञानिकों के प्रति आमार व्यक्त किया है

उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सभी कोरोना वॉरियर्स जिनमें डॉक्टर पैरा मेडिक्स इत्यादि शामिल हैं का भी अमिनन्दन किया

श्री योगी ने प्रदेश की जनता से कोरोना प्रोटोकॉल का निरन्तर पालन करने की भी अपील की उन्होंने कहा कि अभी भी मास्क लगाना दो गज दूरी बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना वैक्सिनेशन का फाइनल ड्राई रन आज आयोजित किया जायेगा अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने पत्रकारों को बताया कि राज्य के पन्द्रह सौ केन्द्रों पर ड्राई रन का अमियान चलाया जायेगा टीका लगाने के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल इलाज मुहैया करवाने के लिए हर जिले में पर्याप्त संख्या में बेड आरक्षित कर लिये गये हैं

इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्वाओं को टीके लगेंगे प्रदेश में आठ सौ पचास केन्द्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा

प्रदेश के सभी जनपदों में कल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद के संकिसा पीएचसी में आरोग्य मेले का शुभारंभ किया उन्होंने मेले में स्वास्थ्य और कृषि विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं के बाइस लामार्थियों को सम्मानित किया इस अवसर पर उन्होंने कई परियोजनाओ का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया बाद में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समी जनपदों में प्रत्येक रविवार को लगने वाले आरोग्य मेले में लोगों को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है मुख्यमंत्री ने फर्रूखाबाद में संकिसा स्थित प्रसिद्द बौद्व तीर्थ स्थल स्तूप का भी भ्रमण किया उन्होंने कहा कि फर्रूखाबाद में पर्यटन और रोजगार की अपार संभावनएं हैं उन्होंने कहा कि संकिसा को बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ कुशीनगर श्रावस्ती और लुम्बिनी के साथ जोड़कर विकसित किया जा सकता है प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने लखनऊ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उजरियाव में आरोग्य मेले का शुमारंभ किया उन्होंने कहा कि इस अमियान के अंतर्गत सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य कैंप लगाकर गरीबों का निःशुल्क उपचार किया जायेगा स्वास्थ्य मेलों में टीबी मलेरिया दिमागी बुखार फाइलेरिया सहित विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रोगियों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श एव जांच की सुविधा दी जायेगी इसके साथ ही आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लामार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरण तथा कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके उपचार की समुचित व्यवस्था की जायेगी गोरखपुर महराजगंज बस्ती जौनपुर मऊ चंदौली सीतापुर कन्नौज मिर्जापुर बहराइच सहित सभी जनपदों में आरोग्य मेले आयोजित कर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया गया पशुपालन और डेयरी विभाग ने बर्ड फलू की रोकथाम के लिए एवियन इन्फ्लूएन्जा से प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया है अब तक सात राज्यों उत्तर प्रदेश केरल राजस्थान मध्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश हरियाणा और ग्जरात में पक्षियों की इस बीमारी के फैलने की पृष्टि हो चुकी है मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में अफवाहों से बचने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए कदम उठाएं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से तालाबों झीलों नदियों जीवित पक्षियों के बाजारों चिडियाघरों और पोल्ट्री फार्मो के आसपास निगरानी बढाने को कहा गया है उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे मृत पक्षियों के निपटान और पोल्ट्री फार्मो में जैव सुरक्षा बढाने के लिए भी कदम उठाए उधर कानपुर चिड़ियाधर में लाल जंगली मुर्गो की मौत बर्डफलू से होने की पुष्टि हो गई है बर्ड फ्लू का प्रदेश में यह पहला मामला है चिड़ियाधर के निदेशक डॉ सुनील चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि बर्डफ्लू के मामले का पता चलने के बाद चिड़ियाधर को बंद करा दिया गया है तथा क्षेत्र के आसपास हाई अलर्ट घोषित किया गया है उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर में समी प्रजातियों के पक्षियों की कड़ी निगरानी की जा रही है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट मंगलवार को मृत पाए गए दो लाल जंगली मुर्गों के स्वैब के नमूनो को भोपाल स्थित नेरानल इंस्टीट्वूट आफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब को जांच के लिए मैजा था इस प्रयोगशाला से जांच में यह सुनिश्चित हो गया कि इन चिड़ियों की मौत एवियन इनफ्लुएंजा के कारण ही हुई है इस पुष्टि के बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है और सुरक्षा के महेनजर कदम रवाये गए हैं जिससे कि यह बर्ड फ्लू इस कैंपस से बाहर न जाए और अन्य जानवरों में न फैले सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आम दर्शकों के लिए विड़ियाघर को बंद कर दिया गया है बाहरी प्रवासी पक्षियों से चिड़ियाघर को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं गौरतलब है कि यहां पर आकर प्रवासी पसी जाड़े की ऋतु में अपना आत्रय बनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बर्डफ्लू को लेकर पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह तिहत्तरवां संस्करण होगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क और आकशवाणी समाचार की डब्लू डब्लू डब्लू डाट न्यूज आन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज आन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा